वहीं पहले चरण में अनुदान पर किसानों को एक हजार ट्रैक्टर दिये जायेंगे

राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने सभी उपायुक्तों और प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र भेजकर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफतार को रोकने के लिए व्यापक तौर पर टेस्टिंग में तेजी लाने का निर्देश दिया है उन्होंने इस ओर ध्यान दिलाते हुए अपने पत्र में कहा है कि हाल के दिनों में राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है जबकि पिछले कुछ माह में जांच में गिरावट आई है इस पर सख्त निगरानी रखने की जरूरत है वहीं पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के मुकाबले कोरोना संक्रमित के सक्रिय मामले राज्य में बढ़ रहे हैं

इनमें रांची पूर्वी सिंहभूम धनबाद रामगढ़ गुमला बोकारो लातेहार सिमडेगा पाकुड़ दुमका सरायकेला लोहरदगा तथा गोड्डा शामिल है फिलहाल गिरिडीह खूंटी पलामू तथा जामताड़ा में कोई मरीज संक्रमित नहीं है कुछ जिलों में सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद वहां नए संक्रमित मिले हैं इनमें गोड्डा गढ़वा पाकुड़ आदि शामिल हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार प्रखंडों के गठन के लिये सर्वे कराकर यह फैसला करेगी कि राज्य में कितने प्रखंडों की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा है कि पांच सात पंचायतों में एक प्रखंड रहने और दूर होने की वजह से परेशानी होती है राज्य सरकार सर्वे करा कर यह जानने का प्रयास करेगी कि राज्य में कितने प्रखंडों की जरूरत है लोगों को किस तरह नये प्रखंडो से सहूलियत होगी लातेहार जिला पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र में पुल निर्माण योजना के मुंशी की हत्या के मामले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का सरगना पप्पू लोहरा के भाई समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचाने और उनकी समस्या का निराकरण के लिए राज्य सरकार हर पंचायत में श्रमिक मित्र बहाल करेगी श्रमिकों की पंजीयन करवाने तथा योजनाओं का लाभ दिलाने सहित अन्य कार्य के लिए उन्हें मानदेय दिया जायेगा इस बात की घोषणा श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधानसभा में कल की है श्री भोक्ता ने कहा है कि देश विदेश में कहीं भी श्रमिकों की मौत हो जाने पर उन्हें वहां से लाने और उन्हें किसी अन्य तरह की परेशानियों से राहत देने के लिए अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का कॉल सेंटर स्थापित किया गया है

चालू वित्तीय वर्ष का बजट दो हजार दो सौ बासठ करोड़ रुपए का था बजट में निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर घर से होल्डिंग टैक्स वसूलने वाटर कनेक्शन देने और सभी व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने पर जोर देने की घोषणा की है इस बार बजट में राजधानी को स्वच्छ और सुन्दर बनाने पर जोर दिया गया है

झारखंड उच्च न्यायालय से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम पर राहत मिली है न्यायधीश आनंद सेन की अदालत ने जमीन खरीद से जुड़े मामले में अनामिका गौतम पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है अनामिका गौतम के खिलाफ एक जमीन की खरीद मामले में देवघर के टाउन थाना में दो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी इसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कोडरमा के ढाब थाना क्षेत्र में काफी मात्रा में अवैध विस्फोटक पुलिस ने बरामद किया है विस्फोटकों को मोटरसाइकिल पर लोड कर कोडरमा के डोमचांच से गिरिडीह ले जाया जा रहा था

कोडरमा के सतगावां थाना क्षेत्र स्थित बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके नासरगंज से एक बार फिर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया

हालांकि इस दौरान तापमान में ज्यादा के बदलाव के आसार नहीं हैं

इसे लेकर विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है

भारत के एक सौ छियासी रन के जबाव में इंग्लैंड की टीम आठ विकेट पर एक सौ सत्हतर रन ही बना सकी इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित बीस ओवर में आठ विकेट पर एक सौ पचासी रन बनाए सुर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की चर्चा के बाद कल जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दूधिया रोशनी में विधानसभाध्यक्ष और मुख्यमंत्री एकादश के बीच मैच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ

पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों ने कांटे की टक्कर दी

दैनिक भास्कर ने ओरिएंट क्राफ्ट से एक महीने में जमीन वापस लेगी सरकार खबर को अपनी सुर्खी बनाई है

हिंदुस्तान ने झारखंड में कोरोना की जांच बढ़ाने का निर्देश की खबर को पहली सुर्खी बनाई है रांची एक्सप्रेस ने कचरे की गैस से सड़कों पर दौड़ेंगे वाहन की खबर को अपनी पहली खबर बनाई है